जयराम ठाकुर ने कहा कि शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के लोगों के कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपने राज्य के भीतर ही रोजगार प्राप्त कर सकें उन्होंने प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों को आरोग्य सेतु ऐप्प डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ शारीरिक दूरी के महत्व के बारे में सूचना शिक्षा व संचार सामग्री उपलब्ध करवाने पर भी बल दिया रामस्वरूप सांसद रामसवरूप शर्मा ने जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में सांसद निधि से चल रहे विभिन्न विकास कार्यो की आज समीक्षा की उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी विकास परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केन्द्र व राज्य सरकार पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम में विफल रहने का आरोप लगाया है शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश आज गिरती अर्थव्यवस्था बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है और भाजपा संकट के इस दौर में वर्चुअल रैलियों में व्यस्त है राठौर ने प्रदेश भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के पास कांग्रेस के सवालों का कोई जवाब नहीं है और कोरोना महामारी के दौरान भी राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को हिमाचल लाया जा रहा है

सुरक्षा पंजाब के पठानकोट से लश्कर ए तैयबा के दो आतंकवादियों के गिरफ्तार होने के बाद कांगड़ा जिले में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस ने पठानकोट के साथ लगते नूरपुर उपमंडल में लगाए गए नाकों में विस्तार कर दिया है और उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन जिले में स्थित सैन्य क्षेत्रों के अधिकारियों से सामंजस्य बिठाकर काम कर रहा है

उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न विश्राम गृह को संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों में बदला गया है और इसके अलावा पंचायत स्तर पर भी क्वारंटीन केंद्र स्थापित किए गए हैं

इस अभियान की शुरूआत करते हुए उपायुक्त आरकेपरूथी ने बताया कि आम लोगों के लिए भी ये दवा आयुर्वेदिक अस्पताल की ओपीडी में उपलब्ध होगी इधर सोलन जिले में भी कोरोना योद्दाओं को ये दवा निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है

मांग चंबा ज़िले के दूरदराज क्षेत्र भरमौर की बजोल पंचायत में दूरसंचार व इंटरनेट सुविधा न होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पंचायत प्रधान सीमा देवी ने इस संबंध में केन्द्र व प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को फोन करने के लिए कई किलोमीटर दूर आना पड़ता है सीमा देवी ने लोगों की इस मांग को जल्द पूरा करने का सरकार से आग्रह किया है निर्देश कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कहा है कि सरकार द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए व्यवसायी अपने होटल व रेस्तरां खोल सकते हैं उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट में सभी संस्थानों व प्रतिष्ठानों में पूरी ईमानदारी के साथ ऐहतियात बरतने की जरूरत है